रेल तथा सड़क यातायात किया बाधित आयकर विभाग ने सुजन घोटाला मामले में पटना भागलपुर कटिहार और पूर्णिया में आज एक साथ छापेमारी की विभाग ने समाजसेवी रेखा मोदी के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की है रेखा मोदी पर आरोप है कि उन्होंने सूजन सहकारी महिला विकास समिति के संचालकों के जरिये आभूषणों की खरीद की थी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेखा मोदी के एसपी वर्मा रोड स्थित आवास पर छापेमारी के क्रम में आयकर विभाग को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम में शामिल अधिकारियों ने रेखा मोदी से पूछताछ भी की है इधर विभाग की अन्य टीमों ने भागलपुर कटिहार और पूर्णिया में मामले के आरोपी विपिन शर्मा जमीन कारोबारी दीपक वर्मा और व्यवसायी किशोर घोष के आवास और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की है कटिहार में किशोर घोष के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अभी भी छापेमारी जारी है उस पर आरोप है कि सृजन घोटाले के पैसे से उसने कटिहार पूर्णिया और भागलपुर में कई दुकानें खोल रखी है भागलपुर में लगभग एक दर्जन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है पूर्णिया में भी इस मामले से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी होने की खबर है उच्चतम न्यायालय ने आपसी सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से ये फैसला सुनाया पीठ ने धारा तीन सौ सतहत्तर के कुछ दंडात्मक प्रावधानों को अतार्किक बताते हुए व्यक्तिगत आजादी को सम्मान देने की बात कही प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि यौन प्राथमिकता जैविक और प्राकृतिक है इसलिए इसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए न्यायालय ने यह भी कहा कि समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है इसलिए समलैंगिकों को समाज के लिये कलंक नहीं माना जाना चाहिए न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सामाजिक नैतिकता नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था लागू होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अररिया जिले में छह लोगों द्वारा एक नाबालिग बालिका की निर्वस्त्र कर पिटाई और उसका मुंडन करने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है यह घटना कथित तौर पर पिछले महीने की इकतीस तारीख की है आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है आयोग ने बेगूसराय के आश्रय गृह में रहने वाली एक महिला द्वारा आत्महत्या के प्रयास के मामले में भी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है आयोग ने इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाने में विफल रहने पर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के विरोध में कुछ सगंठनों द्वारा बुलाये गये बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित किया बंद समर्थकों ने बंद के दौरान कई स्थानों पर तोड़फोड़ की और वाहनों की शीशे क्षतिग्रस्त कर दिये मुजफ्फरपुर आरा बेगूसराय लखीसराय नवादा गया मोकामा और शेखपुरा सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाकर आवागमन बाधित कर दिया कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की प्रलिस और राहगीरों के साथ झड़प हुई इधर बंद समर्थकों ने सांसद पप्प् यादव पर मुजफ्फरपुर जिले के खबड़ा में हमला कर दिया प्रदर्शनकारियों ने श्री यादव के काफिले पर पथराव कर दिया जिसमें गाड़ियों के शीशे टूट गये और सांसद सहित कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आयी हैं वहीं बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र के इनियार ढाला के पास राज्य के पूर्व मंत्री श्याम रजक पर भी बंद समर्थकों ने हमला कर दिया जिसमें वे घायल हो गये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए आम बोलचाल की भाषा और सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी का इस्तेमाल करने की जरुरत पर बल दिया है नई दिल्ली में कोन्द्रीय हिन्दी समिति की इकतीसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हिन्दी भाषा का प्रसार आम बोलचाल की भाषा में ही होना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकारी काम काज में भी जटिल तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए सरकारी और सामाजिक हिन्दी के बीच फासला कम करने की आवश्यकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा संस्थान इस अभियान की अगुवाई कर सकते हैं नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई आज की सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पक्ष रखा मामले की अगली सुनवाई ग्यारह सितम्बर को होगी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रेस कवरेज के लिये जारी विभिन्न मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों के कार्ड को रद्द कर दिया जायेगा प्रेस सलाहकार समिति की बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से यह कदम उठाया जा रहा है उन्होंने कहा कि मीडिया संगठनों की ओर से नये सिरे से सिफारिश के बाद प्रेस कवरेज कार्ड जारी किये जायेंगे भोजपुर जिले में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे स्थित तीन प्रखंडों आरा बड़हरा और शाहपुर के अठारह पंचायतों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती कॉरिडोर विकसित करने के इस कार्यक्रम का मकसद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर अंकुश लगाना है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट जैविक खेती अपनाने को लेकर किसानों में काफी उत्साह है एक प्रगतिशील किसान ने बताया कि वे लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं

उम्मीद जतायी जा रही है कि यह आगे चलकर गंगा को स्वच्छ बनाने में एक बडा कदम साबित होगा आकाशवाणी समाचार के लिए आरा से मुकेश कुमार सिन्हा गंगा सोन पुनपुन गंडक घाघरा और कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण इन नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह और भागलप्र के कहलगांव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट पर और वैशाली जिले के हाजीपुर में तेजी से वृद्धि दर्ज की गयी है वहीं कोसी नदी कटिहार जिले के कूर्सेला में लाल निशान के ऊपर बह रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश कैमूर जिले के मोहनियां में रिकार्ड की गयी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा आज राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर दरभंगा के सिंघवारा प्रखंड के मध्य विद्यालय अरई और सीतामढ़ी जिले के पुपरी प्रखंड के तिलक साहू मध्य विद्यालय में जागरूकता सह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गयी पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा प्रलिस नदी थाना क्षेत्र से दो सौ कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है वहीं शेखपुरा से भी भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के रूपेठा गांव में मिटटी का मकान गिर जाने से उसमें दबकर पिता पुत्री की मौत हो गयी जबकि पुत्र घायल हो गया सीतामढ़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर कोरलहिया के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया वहीं रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादाबाद में ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी बांका जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति को दस साल कारावास की सजा सुनायी है